नई दिल्ली में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के मुकाबले में लगे विभिन्न वर्ग के लोगों का तीन महीने के लिए पचास लाख रूपये का बीमा कराया जाएगा इनमें डॉक्टर चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं वहीं उज्जवला योजना के तहत तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा इससे आठ करोड़ से अधिक बीपीएल परिवारों को फायदा होगा वित्तमंत्री ने बताया कि अस्सी करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल या गेंहू मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा यह इस समय दिए जा रहे पांच किलो राशन के अलावा होगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी वित्तमंत्री ने यह भी बताया कि मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आठ करोड़ सत्तर लाख किसानों और अन्य लोगों को अप्रैल के पहले हफ्ते तक उनके खाते में दो हजार रूपये जमा करा दिए जाएंगे वित्तमंत्री ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि की घोषणा की जिससे पांच करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में तात्कालिक अनुदान दिया जाएगा इसी तरह जन धन खाताधारी बीस करोड़ महिलाओं को अगले तीन महीने तक पांच सौ रूपए मिलेंगे उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार अगले तीन महीने तक उनके पेंशन खाते में अंशदान भी जमा करेगी

उन्होंने आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीस जून तक बढ़ा दी है वहीं देर से भुगतान करने पर लगने वाली पेनाल्टी को बारह फीसदी से नो फीसदी कर दिया गया है आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा भी तीस जून कर दी गई है वित्तमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब उद्योग समूहों के सीएसआर फंड का इस्तेमाल किया जा सकेगा उन्होंने बताया कि पांच करोड़ रूपए तक टर्न ओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न जमा करने में हुई देरी पर फिलहाल कोई जुर्माना नहीं लगेगा साथ ही तीन महीने तक बैंकों के एटीएम से नगद राशि निकालने पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कल नई दिल्ली में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देशवासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इक्कीस दिन का लॉकडाउन हमारे समाज और हमारे देश के हित में है उन्होंने कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी तालाबंदी के दौरान ड्यूटी पर माना जाएगा और उन्हें इस अवधि का पूरा भुगतान मिलेगा इस दौरान श्री जावड़ेकर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को भी कहा कोरोना गृह मंत्रालय केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इक्कीस दिन के लॉकडाउन के दौरान कुछ और लोगों तथा सेवाओं को छट देने से संबंधित नये दिशा निर्देश जारी किये हैं मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और उसके द्वारा संचालित वित्तीय बाजारों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के वेतन और लेखा अधिकारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई तथा वन विभाग के कर्मचारियों को छूट दी है हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सामान संचालन और कोयला खनन गतिविधियों में लगे लोगों हवाई अड्डों और भूमि सीमाओं पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट के दायरे में रखा गया है

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई में सबसे आगे खडे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बनाए रखने को कहा है वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज अपने तीनों मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ ऑडियो कांफ्रेंस की उन्होंने अधिकारियों से इक्कीस दिन के लॉकडाउन के दौरान कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट के दौर में मीडिया और संचार सेवाएं आवश्यक हैं उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे जनता तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें भले ही इसके लिए उन्हें सामान्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक काम करना पड़े कोरोना रेलवे भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द रखने की समय सीमा चौदह अप्रैल तक बढ़ा दी है इससे पहले रेलवे ने सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को बाईस मार्च की मध्य रात्रि से इकतीस मार्च तक निलंबित रखने की घोषणा की थी केन्द्र सरकार की इक्कीस दिन के लॉकडाउन की घोषणा को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है वहीं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए मालगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा

राज्य विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा कराए बिना गिलोटिन के माध्यम से बजट स्वीकृत किया गया इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई विधानसभा में आज सुकमा जिले में हुए माओवादी हमले में शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी गई विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज प्रश्नकाल भी नहीं हुआ कोरोना वायरस के खतरे को देखते हए आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को विधानसभा के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह बजट सत्र बीते चौबीस फरवरी से आगामी एक अप्रैल तक के लिए आहूत किया गया था लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सदन को आज ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया कोरोना संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित तीन और नए मरीजों की पुष्टि हुई है इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर छह हो गई है जांच के दौरान रायपुर भिलाई और बिलासपुर में एक एक व्यक्तियों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनके उपचार की सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है इस तरह राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या तीन बिलासपुर में एक और भिलाई तथा राजनांदगांव में भी एक एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं बिलासपुर में मिले संक्रमित व्यक्ति का उपचार सिम्स अस्पताल में वहीं अन्य मरीजों का उपचार रायपुर के एम्स अस्पताल में किया जा रहा है कोरोना मजदूर हेल्पलाइन राज्य शासन ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के पंजीकृत मजदूरों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है

राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा इसके लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है

राजधानी रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने निर्धारित कीमत पर दैनिक उपयो के जरूरी सामान को लोगों को उनके घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए जिले में तेरह दलों का गठन किया है इसमें से रायपुर नगर निगम के सभी आठ जोन के लिए एक एक दल बीरगांव नगर निगम सहित सभी चारों तहसीलों के लिए एक एक दल बनाए गए हैं इधर रायगढ़ शहर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस दुकानदारों को समझाइश दे रही है वहीं निर्देश के बाद भी इनका पालन नहीं करने वाले एक दुकानदार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है गौरतलब है कि आवश्यक वस्तुओं को बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने सुबह पांच से नौ बजे तक चार घंटे का समय निर्धारित किया है उधर राजनांदगांव जिले में कोराना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में संचालित सभी छात्रावासों को क्वारेंटाईन सेंटर के रूप में उपयोग किए जाने की योजना बनाई है वहीं पांच घंटे छूट के दौरान सब्जी बाजार और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में भीड़ को देखते हुए आज से व्यापारियों को फ्लाईओव्हर के नीचे सब्जी बाजार लगाने को कहा गया है वहीं भिलाई के खुर्सीपार इलाके में कल कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है बताया जाता है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति बीते दस मार्च को दुबई से लौटा था संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है वहीं आसपास के सौ परिवारों को भी क्वारेंटाईन कर दिया गया है इलाके की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाईज किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि जिले में बाहर से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है साथ ही सभी लोगों को आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल सके इसके लिए सभी उपाए किए जा रहे हैं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पंजीकृत मजदूरों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर कार्तिकेय गोयल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है समिति चौबीस घंटे के भीतर प्रकरणों का निराकरण करेगी वहीं कोरिया जिले में कोराना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की खातिर प्रशासन द्वारा मेडिकल किराना शासकीय अनाज दुकानों और सब्जी बाजार के बाहर चूना लगाकर चिन्हित किया जा रहा है साथ ही लोगों को ऐहतियात बरतने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं इधर धमतरी जिले में सुरक्षित दूरी का पालन नहीं करने वाले लोगों पर प्रशासन सख्त हो गया है इसकी शुरूआत किराना दुकानदारों से की गई हैं कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों पर एक एक हजार का जुर्माना लगाया है साथ ही उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि दोबारा लापरवाही बरतने पर पचास हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा उधर जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तम्बोली ने जिले के प्रत्येक गांव में दो दो क्विंटल चावल और पच्चीस किलो दाल की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं साथ ही अति आवश्यक होने पर गरीब परिवारों को मुफत में अनाज और सब्जी उपलब्ध कराने को भी कहा है वहीं जगदलपुर रेलवे स्टेशन में एक मालगाड़ी में सवार होकर ओड़िशा से पहुंचे अट्ठारह मजदूरों को परीक्षण करने के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया है

इधर बिलासपुर शहर में तारबहार थाना प्रभारी द्वारा पेट्रोल कर्मी की पिटाई किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने थाना प्रभारी को लाईन अटैच कर दिया है साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं कोरोना विदेश रायपुर पुलिस ने विदेश प्रवास से लौटे सत्रह लोगों की सूची जारी की है इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने अपने विदेश प्रवास की जानकारी प्रशासन से छिपाई है प्रशासन ने इन सभी को अपने स्वास्थ्य की जांच कराने को कहा है इनकी जानकारी आम नागरिक भी टोल फी नंबर एक सौ चार पर दे सकते हैं वहीं पुलिस प्रशासन भी इनकी तलाश में जुटा हुआ है इस बीच अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रह में से एक व्यक्ति ने थाने पहुंचकर अपनी जानकारी दर्ज करा दी है कोरोना डोर स्टेप डिलीवरी रायपुर नगर निगम ने कोरोना वायरस के मद्देनजर आम लोगों की सुविधओं को ध्यान में रखते हुए डोर स्टेप डिलीवरी चालू की है इस डिलीवरी के तहत नगर निगम में आने वाले चार जोन के वार्डो में संचालित किराना दुकानदारों का नंबर और क्षेत्र का नाम दिए गए हैं इन नंबरों पर कॉल करने पर जरूरत की चीजें सीधे घरों तक पहुंचाई जाएंगी इन सेवाओं में किराना सामान दूध दवा और अन्य जरूरत के सामान शामिल हैं